प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सबसे अधिक सड़सठ नये मामले सामने आये

तीन नये जिले दरभंगा मधुबनी और पूर्णिया भी संक्रमण की चपेट में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले है क्योंकि देश पिछले डेढ़ महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में ये बात कही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की चौथी बैठक थी श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है भारत सहित कई देशों की रिथति मार्च के प्रारम्भ में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय से कदम उठाये जाने के कारण भारत बहुत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे है कि उन्हें खांसी जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य चिन्ह है

एक रिपोर्ट साउंड बाईट देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने आज तीसरी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की

कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम कम की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से सावधान रहने और साक्यानी बरतने का आग्रह किया था उनका यह आग्रह आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जिवित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धीरे धीरे दी जा रहे छूट के दौरान आया है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सबसे अधिक सड़सठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन सौ चौवालीस हो गयी है आज दरभंगा पूर्णिया और मध्रबनी जिलों में भी कोरोना के पॉजिटिव मामले पाये गये जिससे प्रभावित जिलों की संख्या पच्चीस हो गयी है राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सबसे अधिक नब्बे लोग मुंगेर जिले में प्रभावित हैं पटना में उनतालीस नालंदा में चौंतीस रोहतास में इकतीस सिवान में तीस और बक्सर में पच्चीस मामलों की पुष्टि हुई है कैमूर में चौदह गोपालगंज में बारह बेगूसराय और भोजपुर में नौ नौ औरंगाबाद में सात गया में छह पूर्वी चंपारण तथा मध्ुबनी और भागलपुर में पांच पांच लोग पॉजिटिव पाये गये हैं वहीं अरवल सारण और लखीसराय में चार चार नवादा में तीन वैशाली और बांका में दो दो तथा मधेप्रा जहानाबाद पूर्णिया और दरभंगा में एक एक मामले सामने आये हैं अब तक संतावन मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो की मृत्यु हुई है अभी दो सौ पचासी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अठाईस हजार तीन सौ अस्सी हो गई है छह हजार तीन सौ बासठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि आठ सौ छियासी लोगों की मृत्यु हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों से नहीं घबराने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि जो मामले सामने आ रहे हैं वे सभी बाहर से आये लोगों के हैं या फिर उनके संपर्क में आये लोगों को ही पॉजिटिव पाया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक पचहत्तर लाख परिवारों के चार करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है इनमें से दो हजार छह सौ उनतीस ऐसे लोग मिले हैं जिनमें सर्दी खांसी और ब्रुखार के लक्षण थे एक हजार नौ सौ छब्बीस लोगों का नमूना एकत्र किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत की जगह प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर बनाये जा रहे हैं जहां बाहर से आये लोगों को चौदह दिनों तक रखा जायोग श्री कुमार ने कहा कि कोटा सहित देश के अन्य हिस्सों से छात्रों और प्रवासी मजदूरों को लाना तब तक संभव नहीं है जब तक केन्द्र सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन पर रोक के अपने आदेश में संशोधन नहीं करती है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संबंध में केन्द्र का जो भी फैसला होगा वह मान्य होगा प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है कोरोना से संक्रमित हुए नालंदा जिले के सदर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर प्ररी तरह स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की

उन्होंने बताया कि इस मामले में सात प्राथमिकियां पटना अररिया और बक्सर में दर्ज की गयी हैं पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राज्य में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कई जिलों के कन्टेनमेंट जोन में बिहार मिलिट्री पुलिस की इक्कीस अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं कोटा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे छात्रों को उनके घर तक पहंचाने के लिये दायर जनहित याचिकाओं पर अब पटना हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से इस संबंध में कल जवाब देने को कहा है इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दिये गये जवाब में कहा गया कि वह वर्तमान परिस्थितियों में दूसरे राज्यों से छात्रों को लाने में सक्षम नहीं है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अन्पम कुमार ने कहा है कि राज्य से बाहर रहने वाले लोगों और छात्रों के फोन कॉल पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों के लिये जो हेल्पलाईन बनाया गया है उस पर जो भी कॉल आ रहे हैं उसमें नब्बे प्रतिशत बच्चे घर लौटने की बात कह रहे हैं पांच प्रतिशत छात्रों ने खाना नहीं मिलने और पांच प्रतिशत छात्रों ने पैसे की दिक्कत की बात कही है उन्होंने बताया कि इन सभी छात्रों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक एक हजार पांच सौ संतानवे प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं एक हजार चार सौ छियानवे लोगों को गिरफ्तार किया गया है पैंतालीस हजार पांच सौ इक्यावन वाहन भी जब्त किये गये हैं लगभग दस करोड़ पैंतालीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी हैं

नई दिल्ली के मणिपाल अस्पताल की वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता गुलाटी ने बताया साउंड बाईट ह्रदय रोगियों के लिए हमारी खास हिदायत है कि वो नियमित रूप से अपनी दवाईयां खाते रहें आजकल बहुत सारे अस्पतालों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर डॉक्टर से संपर्क हो सकता है जरूरत पड़ने पर इस सेवा को उपयोग करें और बहुत ही इमेरजेंसी होने पर ही हॉस्पिटल जैसी जगह पर जाए क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी मरीजों के साथ कॉन्टेक्ट में से ह्रदय रोगी इस इंफेक्सन को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवायी जा रही सहायता से लोगों को जीवन यापन में काफी सह्लियत हो रही है आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

उन्होंने कहा कि निर्माण से जुड़ी परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने लगी हैं

एक अन्य ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने व्हाट्सएप पर चल रही उस खबर को फर्जी करार दिया जिसमें दावा किया गया है कि सरकार सभी वेतनभोगियों के वेतन का अठारह प्रतिशत जमा करने की के लिये कानून ला रही है पूर्व मध्य रेलवे की बंद पड़ी रेल परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू हो गया है मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों ने काम शुरू करने की अनुमति दे दी है उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों पर सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करवायी जा रही हैं साथ ही मास्क साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था भी की गयी है श्री कुमार ने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कार्य स्थल पर श्रमिक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के सबसे अधिक सड़सठ नये मामले सामने आये

तीन नये जिले दरभंगा मधुबनी और पूर्णिया भी संक्रमण की चपेट में